बैठक के दौरान संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए विपक्ष से सहयोग मांगा जाएगा लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने भी इसी दिन विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की सर्वदलीय बैठक बुलाई है

सत्र के दौरान लोकसभा में पारित और राज्यसभा में लंबित तीन तलाक विधेयक प्राथमिकता पर होगा सरकार राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिलाये जाने की भी कोशिश करेगी

इस सुची में राजस्थान सहित झारखंड गुजरात छत्तीसगढ मध्य प्रदेश कर्नाटक और पश्चिम बंगाल पहले दस स्थानों में शामिल हैं इस अवसर पर श्री अभिषेक ने कहा कि कई राज्यों ने महत्वपूर्ण प्रगति की है निर्माण के क्षेत्र में राजस्थान ने देषभर में पहला स्थान हासिल किया उच्चत्तम न्यायालय ने आपसी रजामंदी से समलैंगिक यौन संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने को च्नौती देने वाली याचिकाओं पर महत्वपूर्ण सुनवाई शुरू कर दी है न्यायालय एल जी बी टी समुदाय के लोगों के बीच विवाह या लिव इन रिलेशन में विरासत जैसे मुद्दों पर विचार नहीं करेगा

बहस आज भी जारी रहेगी आज विष्व जनसंख्या दिवस है इस अवसर पर प्रदेषभर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से जयप्र में आज राज्यस्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया जाएगा चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री कालीचरण सराफ समारोह के मुख्य अतिथि होंगे समारोह में जनसंख्या स्थिरीकरण के मामले में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्षन करने वाले तीन जिलों को सम्मानित किया जायेगा इस अवसर पर इंजेक्टेबल गर्भ निरोधक साधन के लिये बनाये गये श्अंतरा राज सॉफ्टवेयर का श्रभारंभ भी किया जायेगा जनसंख्या दिवस की पूर्व संध्या पर भेजे अपने संदेष में मुख्यमंत्री ने ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण जीवन के लिए जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है श्रीमती राजे ने अपने संदेष में प्रदेषवासियों से आह्वान किया कि वे बढती जनसंख्या के दुष्परिणामों के प्रति खुद जागरूक होने के साथ अन्य लोगों को भी जागरूक बनाएं

कल जयपूर में राज्य स्तरीय मेवात डांग और मगरा क्षेत्र विकास बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री राठौड ने कहा कि इन विकास कार्यो को समय पर पूरा करते हुए गुणवत्ता का ध्यान रखा जाये बैठक में संबंधित क्षेत्रों के सांसद और विघायकों की मौजूदगी में कार्यो की प्रगति की चर्चा की गई और आने वाली बाधाओं को तुरंत दूर करने के निर्देष दिये गये

यह परीक्षा दोनो दिन दो दो पारियों में होगी ऑफ लाईन होने वाली इस परीक्षा में नकल रोकने के लिये व्यापक व्यवस्थायें की गई है परीक्षा के दौरान दोनो ही दिन परीक्षा केन्द्रों के पांच किलोमीटर के दायरे में इंटरनेट सेवा बंद रहेगी